वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी ज़िला उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटीन केन्द्रों में और अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की उचित जांच और चिकित्सीय परीक्षण के बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए उन्होंने आगामी दिनों में बाहरी राज्यों से और अधिक लोगों के वापिस आने की संभावनाँ को देखते हुए उपायुक्तों को संस्थागत क्वारंटीन के अतिरिक्त प्रबंध करने के निर्देश भी दिए राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शोध व तकनीकी पर आधारित जैव विविधता के दोहन पर बल दिया है वे आज शिमला स्थित राजमवन में विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र की जड़ी बूटियों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है बंडारू दत्तांत्रेय ने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढाने के लिए प्रकृति का आवश्यकता से अधिक दोहन नहीं किया जाना चाहिए इस मौके पर वन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों सहित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज केलंग में परिवहन कर्मचारियों को फेस शील्ड व मास्क वितरित किए

मारकंडा ने कहा कि प्रदेश में बसे चलाने पर अंतिम फैसला कल होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करने का आग्रह किया है उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने और आरोग्य सेतू ऐप डाउनलोड करने की अपील भी की सरवीण चौघरी ने आज शाहपुर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए व्यक्तियों से भेंट की और उनके सुखद भविष्य की कामना की

इनमें से अधिकांश लोग मुम्बई से लौटै हैं जिले में अधिकतर संक्रमित व्यक्ति संस्थागत क्वारंटीन में रखे गए थे शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के विरूद्व इस लड़ाई में पुलिसकर्मी निस्वार्थ होकर प्रदेश की रक्षा के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं और ऐसे कोरोना योद्वाओं का सभी को सम्मान करना चाहिए वे आज शिमला के बालुगंज में ऐसे पुलिस कोविड योद्वाओं को सम्मानित करने के अवसर पर बोल रहे थे बाद में उन्होंने अनाज मंडी और गुरूद्वारा साहिब में नगर निगम के कोरोना योद्वाओं को भी सम्मानित किया आयुर्वेद वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने कोरोना योद्वाओं में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काढ़ा तैयार किया है प्रथम श्रेणी में इस काढ़े को पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी सहित उन लोगों को बांटा जा रहा है जो कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं

जिला आयर्वेद अधिकारी रोजेन्द्र शर्मा ने बताया कि आयर्वेद देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता बढाने के अनेक उपाय बताए गए हैं उन्होंने केहा कि ये आयुर्वेदिक काढ़ा कोविड योद्वाओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर साबित होगा जावडे कर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर एक महत्वाकांक्षी पहल के तहत जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज सामुदायिक रेडियो पर बातचीत करेंगे

यह बातचीत देशभर के सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर एकसाथ प्रसारित की जाएगी श्रोता शाम सात बजकर तीस भिनट पर हिंदी में और नौ बजकर दस मिनट पर अंग्रेजी में आकाशवाणी के एफ एम गोल्ड पर यह प्रसारण सुन सकेंगे बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि बिलासपुर जिले के नैनादेवी मंडल की भोगौलिक परिस्थितियों को देखकर और शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के बाद इस मंडल के दो मंडल बनाने का निर्णय लिया गया है

उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश कार्यालय की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्यार सिंह कंवर को भाजपा प्रदेश मुख्यालय का कार्यालय सचिव बनाया गया है